गौरतलब है कि प्ररे पूर्वोत्तर भारत में राजधानी क्षेत्र ईटानगर जिला उपायुक्त का कार्यालय ही एकमात्र कार्यालय है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय को अपनाया है राष्ट्रीय ई गोवरनेंस और स्कोच पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ई ऑफिस कार्यान्वयन के लिए राजधानी जिला प्रशासन का यह तीसरा प्रस्कार है पांचवा पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी सम्मेलन दो हजार अट्ठारह तवांग में आगामी चौदह से पंद्रह नवबंर को आयोजित किया जाएगा राजधानी ईटानगर में मुख्य सचीव सत्य गोपाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारी पर एक समीक्षा बैठक ब्रुलाई गई इस सम्मेलन में देश और विदेश के स्थापित व मशहुर उद्योमियों के साथ साथ स्टार्थ अप उद्यमी भी भाग लेंगे कार्यक्रम को भारतीय उद्योग व चेम्बर्स संघ के साथ मिलकर राज्य सरकार आयोजित कर रहा है गौरतलब है कि पहला पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी सम्मेलन ग्रहावाटी में दो हजार चौदह को आयोजित किया गया था

इस प्रतियोगिता का लक्ष्य जिले के अच्छे तिरंदाजो की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट्स के लिए प्रशिक्षण देना है प्रदेश पुलिस कल्याण सोसायटी आगामी पांच से छह नवबंर को अपने छियालीसवां राईजिंग डे के उपलक्ष्य में भित्ति चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन करेगा छब्बीस विद्यालयों और कॉलेजों से करीबन तीन सौ छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे प्रतियोगिता का थीम रहेगा समाज में पुलिस की भूमिका पहचान की हानी और संस्कृति का नुकसान और अनेकता में एकता

द्ररदर्शन केंद्र ईटानगर ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य के सैंतीस विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कम पावर होने के वजय से इन क्षेत्रों में स्थापित ट्रांसमीटरों को पंद्रह नवबंर से बंद कर दिया जायेगा बताया गया है कि इन ट्रांसमीटरों ने पंद्रह वर्ष तक सफलतापूर्वक अपना कार्य किया टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन को यूक्तिसंगत बनाने के मद्देनजर प्रसार भारती बोर्ड द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया भारत ने कारोबार की सुगमता की रैंकिंग में तेईस स्थान की छलांग लगाई है पिछले वर्ष भारत सौवें स्थान पर था और अब यह सतत्तरवें स्थान पर आ गया है यह लगातार द्रसरा वर्ष है जब भारत विश्व के शीर्ष दस सुधार करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है दो हजार चौदह में दक्षिण एशियाई देशों में भारत छठें स्थान पर था और अब भारत पहले स्थान पर आ गया है केंद्र सरकार ने कहा है कि व्हाटसऐप से संदेशों के जरिये फर्जी खबरें और हिंसा भड़काने के लिए इस मंच का द्रुपयोग करने वालों के स्थान और पहचान बताने को कहा गया है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्हाटसऐप के उपाध्यक्ष क्रिस डैनियल के साथ बैठक के बाद कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए व्हाट्सऐप की सुचिका बनाए रखना जरुरी है श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार का जोर इस बात पर है कि व्हाट्सऐप पर हिंसा और अन्य गंभीर अपराध की शुरुआत करने वाले व्यक्ति के स्थान और पहचान की जानकारी उपलब्ध हो उन्होंने कहा कि व्हाट्सऐप प्रबंधन ने इस मामले पर विचार के बाद अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराने की बात कही है व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने ई मेल से भेजे अपने एक जवाब में कहा है कि सरकार व्हाट्सऐप संदेशों के संकेतों को स्पष्ट करने और व्हाट्सऐप प्रयोक्ताओं की गोपनीयता बनाये रखने के पक्ष में है सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत में प्रति सिलेंडर दो रुपए चौरानवें पैसे की वृद्धि की गई है भारतीय तेल निगम ने एक बयान में कहा है कि इस बढ़ोत्तरी के बाद अब इस महीने दिल्ली में सिलेंडर पांच सौ पांस रुपए चौतीस पैसे का मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि और विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव के कारण बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में साठ रुपये बढ़ा दी गई है लेकिन रसोई गैस की कीमत में वास्तविक अंतर केवल दो रुपये चौरानवें पैसे का होगा अब एलपीजी उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर चार सौ तैतीस रुपये छियासठ पैसे भेजे जाएंगे उच्चतम न्यायालय ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एन आर सी में लोगों के नाम शामिल करने के दावों और आपत्तियों के लिए पंद्रह दिसंबर की समय सीमा तय की है उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने रजिस्टर में नाम शामिल करवाने के दावा कर्ताओं को उन पांच दस्तावेजों पर निर्भर रहने की अनुमति दे दी है जिन पर एन आर सी समनव्यक ने पहले आपत्ति जताई थी